आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

पीएम किसान बिल् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों का आश्वस्त किया है कि नये कृषि कानून उनके फायदे के लिए लाया गया है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को नये बाजार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही मंडी सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करना चाहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार साफ नीयत से काम कर रही है और किसान देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ायेंगे आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानून को लेकर गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद बाजार में बेचने का मौका मिलना चाहिए पहले किसान बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे लेकिन नये कानून द्वारा उन्हें अपने उत्पाद बेचने के कई विकल्प मिल सकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को नये कानून का डर केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रानी सरकारों से धोखा मिला है क्वोविड वैक्सीन केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड स्रक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में नौ अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की है यह राशि कोरोना के टीके के देश में शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में पांच छह जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी कोविड स्रक्षा मिशन के पहले चरण में बारह महीने के लिए नौ अरब रुपये का प्रावधान किया गया था मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के क्ल दस तरह के प्रयासों में मदद दी है रूसी टीके स्प्तनिक के अलावा पांच टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य तीन टीकों का भी जल्दी ही मानवीय परीक्षण श्रू हो जाएगा

इसके अनुसार जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हए नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ प्रतिबंध लगा सकता है हालांकि प्रशासन कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर स्थानीय स्तर पर बिना राज्य सरकार के सलाह पर लॉकडाउन नहीं लगा सकता है नये दिशा निर्देश में बंद जगहों पर होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल सौ लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मिलेगी सिनेमा हॉल और थियेटर में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ गतिविधियां होंगी स्वीमिंग प्ल को केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आने जाने पर कोई रोक नहीं है उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्टसिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा राज्य में आने वाले लोगों की बॉर्डर चेक पोस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी कोरोना के लक्षण मिलने पर एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा नये दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन को चिह्नित करेगा कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत मिल सकेगी इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर घर जाकर सर्विलांस किया जाएगा

म्ख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाय और पार्क में बच्चों के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है ईको पार्क के बनने से आस पास के क्षेत्रों और पर्यटकों के लिए यह पार्क आकर्षण का केन्द्र बनेगा उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक पर्यटक स्थल विकसित किये जा रहे हैं जल ऊर्जा रोजगार से संबंधित राज्य में अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दीर्घकालिक सोच पर आधारित है जिनका फायदा लोगों को लंबे समय तक मिलेगा

घायलों को जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है दूसरी दूर्घटना जैंती तहसील के संगरोली मोटरमार्ग पर कल देर रात हई

घायलों को जैंती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया न्नरेश बंसल शपथ उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश बंसल ने आज राज्यसभा में सदस्यता की शपथ ग्रहण की उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा एम वैंकया नायडू ने अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ ही नरेश बंसल को भी सदस्यता की शपथ दिलाई गई गुरुनानक देव जयंती प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ग्रु नानक जयंती और ग्रुपर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है यह पर्व सिखों के प्रथम ग्रु ग्रुनाक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी

इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया ग्रुदवारों में पैकेट में लंगर बांटे गए चम्पावत जिले के ग्रुद्वारा रीठा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया सुबह से ग्रू ग्रन्थ साहब का पाठ के साथ ही सबद कीर्तन का आयोजन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और प्रदेशवासियों को ग्रू नानक जयंती की श्भकामनाएं देते हए कहा कि ग्रू नानक देव जी ने आज से सदियों पहले समाज में फैली असमानता और ब्राइयों को समाप्त करने का संदेश दिया उन्होंने समाज में अज्ञानता और क्रीतियों के अंधकार को मिटाने के लिए कार्य किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा कि ग्रूनानक जी ने समाज की ब्राइयों को दूर करने के लिए उपदेशों और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया साथ ही उन्होंने जनता को समानता और भाईचारे का भी संदेश दिया

आज के दिन गंगा स्नान के साथ दान आदि का विशेष महत्व माना गया है हरिद्वार में तापमान में गिरावट के बावजूद कार्तिक पूर्णिमा पर सीमित संख्या में श्रदधालुओं ने गंगा में इबकी लगाई हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान पर प्रतिबंध का असर नजर आया चंपावत जिले में संगम तटों में श्रद्धाल्ओं ने स्नान कर मन्दिरों में पूजा अर्चना की जिले के लध्न ध्रा मन्दिर में रात्रि जागरण के साथ ही शोभायात्रा निकाली गई जिसमें कम लोगों ने प्रतिभाग किया कोविड के कारण इस वर्ष यहां लगने वाले मेले का आयोजन भी नहीं किया गया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी

इससे पहले श्री अनिल रतूड़ी के प्लिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर आज सुबह देहरादून पुलिस लाइन में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया इस अवसर पर अपने भावपूर्ण संबोधन में उन्होंने कहा कि टीमवर्क के बिना कोई काम नहीं हो सकता